श्री कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में ये सम्मान प्रदान किए दो कीर्ति चक्र और एक शौर्य चक्र मरणोपरांत प्रदान किये गये

परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में थल सेनाध्यक्ष जनरल बिपिन रावत भी शामिल थे इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमन मौजूद थीं

बैठक में चुनाव ड्यूटी के दौरान प्रेक्षकों को उनकी भूमिका और जिम्मेदारियों की जानकारी दी गई अगले महीने ग्यारह तारीख को शुरू हो रहे सात चरणों के मतदान के लिए चुनाव खर्च पर नजर रखने सहित कालेधन शराब तथा अन्य नशीले पदार्थों के प्रलोभन पर रोक लगाने संबंधी निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली को प्रेक्षकों के साथ साझा किया गया प्रेक्षकों में भारतीय राजस्व सेवा भारतीय प्रशासनिक सेवा और पुलिस सेवा जैसी केंद्रीय सेवाओं के अधिकारी शामिल हुए जो चुनाव प्रक्रिया समाप्ति तक चुनाव ड्यूटी पर रहेंगे लोकसभा चुनावों की तारीखों की घोषणा के बाद आयोग ने पहली बार इस तरह की बैठक आयोजित की

प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने केन्द्र सरकार द्वारा उठाई गई प्रारंभिक आपत्तियों पर सुनवाई आज समाप्त की जिसमें कहा गया है कि इस मामले में पुनर्विचार याचिका दायर करने वाले अवैध रूप से हासिल किये गए गोपनीय दस्तावेजों पर निर्भर नहीं कर सकते मामले की अगली सुनवाई की तारीख बाद में बतायी जायेगी पीठ ने याचिकाकर्ताओं से कहा कि वे इस पर ध्यान केन्द्रित करें कि लीक किए गए दस्तावेजों को सुनवाई योग्य क्यों माना जाये केन्द्र सरकार की ओर से पैरवी करते हुए महान्यायवादी के के वेणुगोपाल ने शीर्ष न्यायालय से कहा कि सम्बन्धित विभाग की अनुमति के बिना इन दस्तावेजों को पेश नहीं किया जा सकता है उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े दस्तोवेजों का कोई भी खुलासा नहीं किया सकता क्योंकि देश की सुरक्षा सर्वोपरि है दूसरी ओर याचिकाकर्ता के वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि यह दस्तावेज सार्वजनिक हो चुके हैं

राष्ट्रीय उर्दू भाषा विकास परिषद के निदेशक डॉक्टर अकील अहमद ने आज पत्रकारों को बताया कि उर्दू सम्मेलन में बांग्लादेश ईरान मॉरीशस मिस्र कनाडा फ्रांस जर्मनी जापान कनाडा अमेरिका तथा ब्रिटेन जैसे देशों के लेखक भाग लेंगे उन्होंने कहा कि उर्दू केवल एक जुबान नहीं बल्कि गंगा जमुनी तहजीब का नाम है यह मोहब्बत का पैगाम फैलाने वाली भाषा है जो आज पूरी दुनिया में पढ़ी और पढ़ाई जा रही है उन्होंने बताया कि इसमें देश के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों के उर्द भाषा के विशेषज्ञ और शोध छात्र भाग लेंगे सम्मेलन में उर्दू में मीडिया कला मनोरंजन शिक्षा कानून जैसे विषयों पर चर्चा होगी

विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने आज नई दिल्ली में कहा है कि अगर पाकिस्तान भारत के साथ बातचीत करना चाहता है तो उसे आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी होगी भारत ने यह भी कहा है कि वह आतंक से मुक्त वातावरण में पाकिस्तान के साथ वार्ता के लिए तैयार है

सुगम मतदान के लिये दिव्यांगजन संवेदनीकरण विषय पर एक दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला आज भोपाल में आयोजित की गई कार्यशाला में दिव्यांगों को सुगम मतदान के लिए प्रशिक्षित किया गया वहीं देवास जिला निर्वाचन अधिकारी ने ब्रेल लिपि में डमी बेलेट शीट के माध्यम दृष्टिबाधित मतदाताओं को प्रशिक्षण देने के निर्देश दिये है रायसेन जिले में पीठासीन एवं मतदान से अधिकारियों का प्रथम प्रशिक्षण सहायक रिटर्निंग अधिकारी मुख्यालय पर आयोजित किया गया इस दौरान वीवीपैट ईवीएम सहित मतदान से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई इन्दौर जिले की जनपद पंचायत सांवेर में ग्राम पंचायत सचिव ग्राम रोजगार सहायक और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को ग्रामीण महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए मतदाता जागरुकता प्रशिक्षण दिया गया वहीं शिवपुरी जिले में धारा एक सौ चवालीस के तहत निर्देश जारी किये गये हैं कि किसी भी प्रकार के जुलूस प्रदर्शन और रैली का स्थान और मार्ग की जानकारी क्षेत्रीय पुलिस थाना को पहले से देनी होगी

इस बार लोकसभा चुनाव के मददेनजर ये पर्व राजनीतिक दलों के लिए चुनाव प्रचार का प्रमुख माध्यम रहेगा इसके माध्यम से सभी दल अपने समर्थकों के साथ ढोल मादल के साथ साथ रंगारंग गेर निकालने और आदिवासियों के बीच जाकर अपना प्रचार कार्यक्रम तैयार कर रहे हैं

इस आयोजन में बड़ी संख्या में महिलाओं की भागीदारी इसे विशेष बनाती है

इन खेलों में सबसे बड़ी टीम मेजबान संयुक्त अरब अमीरात की होगी इसके बाद भारत और अमरीका का स्थान है

पिछले चौबीस घण्टों के दौरान शहडोल जबलपुर और रीवा संभाग के जिलों में कहीं कहीं वर्षा हुई वहीं परसवाड़ा मण्डला और लखनादौन में दो सेण्टीमीटर बारिश दर्ज की गई

लेकिन प्रदेश में बढ़ रही गर्मी के तेवर में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया

मौसम विभाग ने अगले चौबीस घण्टों के दौरान रीवा सागर शहडोल जबलपुर एवं चंबल संभाग और ग्वालियर दतिया विदिशा रायसेन होशंगाबाद और बैतूल जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश या गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई है

विश्व उपभोक्ता संरक्षण दिवस पर कल इंदौर उपभोक्ता जागरुकता मंच द्वारा प्रदर्शनी लगाई जायेगी